पंचकूला व अ य जिल म अवैध माइ नंग के शन पर कृ ष मंगी ने कहा क अगर कसी के पास ऐसी जानकार है तो वे बताये इस पर तुंरत कारवाई क जायेगी

उ ह ने पीजीआई डा टस क इस आयोजन के लये सराहना क और उ ह समय पर र त चढ़ाने तथा इसके लये आव यक आपू त को बनाये रखने को कहा